मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सरकार के कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाने का भाजपा कार्यकर्ताओं से किया आग्रह भाजपा राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा किए गए कार्यो को लेकर जबकि कांग्रेस स्थानीय मुद्दों पर लड़ेगी उपचुनाव केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर गांधी जयंती पर ऊना के मैहतपुर से शुरू करेंगे गांधी संकल्प पद यात्रा

पच्छाद विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार रीना कश्यप ने आज राजगढ़ में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और सांसद सुरेश कश्यप भी मौजूद रहे इसी निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी गंगूराम मुसाफिर ने भी अपना नामांकन पत्र भरा राजगढ़ नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष दिनेश आर्य ने गंगूराम मुसाफिर के कवरिंग उम्मीदवार के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल किया इसके अलावा जिला परिषद सदस्य दयाल प्यारी आशीष सिक्टा सुरेन्द्र पाल और पवन ठाकुर ने भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपने अपने पर्चे दाखिल किए उधर धर्मशाला निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी विशाल नैहरिया ने धर्मशाला में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती सांसद किशन कपूर स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी और पूर्व सांसद शांता कुमार सहित विधायक व बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे इसी निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार विजय इन्द्र कर्ण ने भी धर्मशाला में अपना पर्चा दाखिल किया इस अवसर पर विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री और पूर्व सांसद चन्द्र कुमार भी उनके साथ मौजूद रहे इसके अलावा सुभाष चंद शुक्ला निशा कटोच चौक्कर भारद्वाज पुनीश शर्मा मनोहर धीमान और राकेश चौधरी ने बतौर निर्दलीय अपने अपने नामांकन पत्र भरे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भाजपा कार्यकर्ताओं से राज्य व केन्द्र सरकार की नीतियों कार्यक्रमों और योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने का आग्रह किया है ये आज पच्छाद विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी रीना कश्यप के नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद राजगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए बोल रहे थे

मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे प्रधानमंत्री को गतिशील और मजबूत नेतृत्व में एक जीवंत व न्यू इंडिया का मार्ग प्रशस्त हुआ है उन्होंने कहा कि हिमाचल ने इस बार लोकसभा चुनाव में एक कीर्तिमान स्थापित किया है और देशभर में सबसे अधिक वोट प्रतिशत रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समान विकास सुनिश्चित बनाने को लेकर कई कदम उठा रही है जयराम ठाकुर ने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचने से उनके जीवन स्तर पर सुधार आया है इस अवसर पर सिंचाई मंत्री महेन्द्र सिंह ठाक्र शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज सहकारिता मंत्री राजीव सैजल मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा और सांसद सुरेश कश्यप सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद रहे विशाल नैहरिया धर्मशाला उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी विशाल नैहरिया ने नामांकन पत्र भरने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं और आम लोगों में खासा उत्साह है उन्होंने कहा कि धर्मशाला के विभिन्न मुद्दों को जनता व कार्यकर्ताओं के सहयोग से हल करने को प्राथमिकता दी जाएगी

धर्मशाला में पार्टी प्रत्याशी विशाल नैहरिया के नामांकन दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इन्हीं मुद्दों को लेकर वे जनता के बीच जाएंगे और भाजपा दोनों विधानसभा क्षेत्रों से जीत दर्ज कर विकास को गति देगी

केन्द्रीय वित्त व कारपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर गांधी जयंती पर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में ऊना जिला के मैहतपुर से गांधी संकल्प पद यात्रा का शुभारंभ करेंगे इस दौरान वे केन्द्र द्वारा हाल ही में शुरू किए गए अंगीकार अभियान का भी ऊना में शुभारंभ करेंगे इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती भी शामिल रहेंगे इसी तरह किनौर जिले के रिकांगपिओ में स्कूली बच्चों द्वारा स्वच्छता को लेकर एक जागरूकता रैली निकाली जाएगी इसके अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी सफाई अभियान चलाएंगे धर्मशाला में गांधी स्मृति वाटिका में श्रद्दांजलि अर्पण कार्यक्रम के अलावा स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत विशेष स्वच्छता मुहिम चलाई जाएगी

बैंक के उप महाप्रबंधक पवन कुमार ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान ग्राहकों व व्यापारियों को डिजिटल प्रणाली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के अलावा शिक्षा कृषि वाहन आवास मुद्रा व अन्य प्रकार के ऋणों के संबंध में जानकारी दी जाएगी

इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय स्टेट बैंक द्वारा यूको बैंक के सहयोग से किया जाएगा विक्रमादित्य कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा खोले गए स्कूलों को बंद करने के प्रदेश सरकार के निर्णय का कड़ा विरोध किया है शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा है कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने लोगों की मांग पर ही स्कूल खोले थे और अब अगर सरकार उन्हें बंद करने संबंधी कोई फैसला लेती है तो उसे जन विरोधी मानते हुए कांग्रेस कड़ा विरोध